प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात अम्पन के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों का सुरक्षित निकालने के सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्त्रओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए श्री मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के लिए किए गये उपायों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने को योजना की भी समीक्षा की बाद में श्री मोदी ने टवीट में कहा कि वे सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं और केन्द्र सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं बैठक में गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पी के सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल हुए बैठक के दौरान अधिकारियों को सलाह दी गई कि चक्रवात के दौरान हुई क्षति से निपटन के लिए पर्याप्तं तैयारी रखें भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलिकॉप्टर तैनात किए हैं इन राज्यों में सेना और वायुसेना की इकाइयों को तैयार रहने को कहा गया है गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात अम्पन के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल और ओडिसा के मुख्यमंत्रियों से बात की उन्होंने तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गृहमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए दोनों प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया केंद्रीय गृहसचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृहसचिव अजय भल्ला ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट का कम करने के उपाय सुझाये हैं उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के लिए विश्राम स्थलो पर स्वच्छता भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए श्री भल्ला ने इस बात पर बल दिया कि जिला प्राधिकरणों को विश्राम स्थलों नजदीकी बस टर्मिनल या रेलवे स्टेशन के बारे में मजदूरों का मार्गदर्शन करना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था करनी चाहिए उन्होंने राज्यों स आवास का पता और मोबाइल नम्बर के साथ मजदूरों की सूची तैयार करने को भी कहा इस सूची का इस्तेमाल बाद में मजदूरों से संपर्क के लिए किया जा सकता है उन्होंने कहा कि रेलगाडियों और बसों के प्रस्थान संबंधी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए ताकि मजदूरों म किसी भी तरह का असंतोष उत्पन्न न हो

खुदाई का कार्य करने में लगे मनरेगा मजदूरों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम लोगों को अपने गांव में ही काम दे दिया है जिससे उन्हें लाकडाउन में काफी सहूलियत हो रही है डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि प्रदेश में वापस आ रहे बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है उन्होंने बताया कि विभिन्न प्रांतों से सिद्धार्थनगर में पहुंचे इकतीस हजार से अधिक प्रवासी कामगारों को जॉबकार्ड दिया जा चुका है एक हजार से अधिक तालाबों की खुदाई के माध्यम से इन लोगों को काम दिया गया है श्री पाल ने कहा कि तालाबों के बन जाने से गांवों में पानी की समस्या हल होगी साथ ही सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक और शिक्षाविद कमाल फारूकी ने कहा है कि लॉकडाउन आगे बढाने का निर्णय सही लिया गया है अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री फारूकी ने मुस्लिम समुदाय से रमजान के आखिरी जुमा जुमातुल विदा और ईद उल फितर की नमाज सरकार की दिशानिर्देशों के अनुसार ही अदा करने की अपील की

इसके लिए आज से एप्लीकेशन विण्डो खोल दी गई है

मुख्य सचिव आर के तिवारी द्वारा जारी किए गए नये दिशा निर्देश के तहत रेड और कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त सभी कारखानों औद्योगिक गतिविधियों और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेहडी पटरी वालों को भी काम करने की अनुमति दी गई है

नये दिशानिर्देशों के मुताबिक निजी वाहनों के जरिए राज्य में आवागमन को अनुमति दे दी गई है दुपहिया वाहनों पर पीछे किसी व्यक्ति को बैठने की अनुमति नहीं होगी हालांकि महिलाएं पीछे बैठ सकती हैं चार पहिया वाहनों और ऑटो रिक्शा को अनुमति दे दी गई है ऑटो रिक्शा में चालक के अलावा सिर्फ दो लोग ही बैठ सकेंगे

आदेश के मुताबिक राज्यों की सहमति से उनके बीच बसों के आवागमन को फिलहाल अनुमति नहीं दी गई है और इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ट्रेनों से आ रहे प्रवासी कामगारों और श्रमिकों का किराया राज्य सरकार वहन कर रही है आज लखनऊ में लॉकडाउन की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ट्रेनों के अलावा राज्य सड़क परिवहन निगम की बारह हजार बसों को प्रवासी कामगारों को उनके गृह जनपद तक ले जाने के लिये लगाया गया है मुख्यमंत्री ने पृथकवास केन्द्रों और सामुदायिक रसोई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिये आवश्यकतानुसार वहां सीसी टीवी कैमरे लगाने को कहा मुख्यमंत्री ने निषिद्ध क्षेत्र में होम डिलीवरो सुविधा को जारी रखने और वहां के प्रत्येक घर के सेनिटाइज करने को कहा उन्होंने बंद के दौरान गश्त बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता पर भी जोर दिया प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में संक्रामक रोगों के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिये कार्य योजना तैयार करने को कहा है

अब तक इस संक्रमण से प्रदेश में एक सौ अट्ठारह लोगों की मौत हुई है संक्रमण से प्रभावित एक हजार नौ सौ चौंसठ लोगों को विभिन्न अस्पतालों के आईसोलेशन वार्डो में रखा गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश में आ रहे प्रवासी कामगारों की निगरानी के लिये ग्राम और मोहल्ला समितियों को सतर्क रखा गया है

श्रोता स्ट्रिडियो में फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं

आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर एम के सेन ने बताया कि यह जांच का समय है उन्होंने कहा कि हमें लॉकडाउन फोर में भी नियमों का पालन करना चाहिए